मुख्यमंत्री मनरेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की प्रगति के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा आज आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत लिए गए विशेष साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने यह बात कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जेलों में माओवादी मामलों में बंद आदिवासियों के प्रकरणों पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार समिति बनाएगी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति काम करेगी

कल मंत्रालय में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अमर शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृतियां हमारी अनमोल धरोहर है उनकी जन्म और कर्म भूमि पर खनन की अनुमति देना चिंताजनक था उन्होंने कहा कि इस बात की समीक्षा की जाएगी कि किन परिस्थितियों में अमर शहीद की माटी की खुदाई का निर्णय लिया गया बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास संस्थान की कार्यप्रणाली पर अप्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों का ध्यान रखे बिना बड़े पैमाने पर राशि खर्च की गयी इसमें से अधोसंरचना के नाम पर गैर जरूरी निर्माण कार्यो पर करीब साढ़े चार हजार करोड़ रूपए के कार्य स्वीकृत हुए थे जिसमें से ढ़ाई हजार करोड़ रूपए खर्च कर दिए गए हैं श्री बघेल ने ऐसे स्वीकृत लेकिन शुरू नहीं हुए निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करने और निर्मित कार्यों की भी जांच कराने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव सुनील कुजूर को संचार क्रांति योजना स्काई की समीक्षा तीन दिनों में करने के निर्देश दिए हैं जिससे योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर इसका भविष्य तय किया जा सके उन्होंने मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोमोशन सोसायटी चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आई टी विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने आईटी से जनजीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने वाली परियोजनाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए उन्होंने बैठक में अधिकारियों को व्यापक पारदर्शिता के लिए सभी निर्माण कार्यों की जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कहा मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शिवनाथ नदी के सोमनाथ घाट से पानी लाकर कुम्हारी सहित आसपास के जलाशयों को भरने की किसानों की मांग के आधार पर सर्वेक्षण कराया जाएगा उन्होंने कलेक्टर को इस परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट दस दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं इससे सकलोर सहित आस पास के लगभग तैंतालीस गांवों में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा मुख्यमंत्री आज बलौदाबाजार जिले के सकलोर गांव में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महासमुंद जिले के प्रवास के दौरान चन्द्रनाहु शिक्षण संस्थान में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पुरूषोत्तम लाल कौशिक की प्रतिमा का अनावरण किया साथ ही उन्होंने बाईस करोड़ रूपये के उनतीस विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पताल का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरूषोत्तम लाल कौशिक के नाम पर किए जाने की घोषणा की वहीं भिलाई प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सतनामी अधिकारी कर्मचारी के सम्मान समारोह में भी शामिल हुए कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बाबा गुरू घासीदास के बताए रास्ते पर चल रही है खेलो इंडिया केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अगले वर्ष से सभी स्कूलों में खेलो को अनिवार्य विषय बनाया जायेगा और प्रतिदिन एक घंटा खेलों के लिए निर्धारित होगा वे पुणे में खेलो इंडिया के समापन समारोह में बोल रहे थे मेजबान महाराष्ट्र ने पचयासी स्वर्ण पदकों के साथ इस वर्ष की खेलो इंडिया प्रतियोगिता जीत ली है हरियाणा बासठ स्वर्ण के साथ दूसरे और दिल्ली अड़तालीस स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा रमन सिंह दुर्ग पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार दुर्ग पहुंचने पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी ग्यारह सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है डॉक्टर सिंह ने राज राजेश्वरी मंदिर पहंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और प्रदेश की जनता की ख्शहाली की कामना की भाजपा समीक्षा बैठक प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तर पर बैठक बुलाई गई इन बैठकों के जरिये हार के कारण तलाश कर संगठन स्तर पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी रायपुर जिला पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित इस बैठक में रायपुर के शहरी इलाकों के सभी कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारियों ने हार के कारणों पर अपने विचार रखें जिला स्तर के बाद आगामी चौबीस पच्चीस और छब्बीस जनवरी को मंडल स्तर पर प्रदेशभर में बैठकें होंगी इन बैठकों के लिए पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं प्निया रायपुर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आज दो दिन के प्रवास पर रायपुर पहुंचे स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पुनिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर कहा कि इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी करेंगे श्री पुनिया ने बाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों उपाध्यक्षों और महासचिवों से संगठनवार चर्चा की श्री पुनिया का कल का कार्यक्रम आरक्षित रखा गया है वे कल शाम नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे माओवादी कैम्प ध्वस्त कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र के हड़ेली में सुरक्षा बलों ने कल माओवादियों के एक कैम्प को ध्वस्त कर दिया भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की मौके से दो भरमार बंदूक सहित भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपूर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छुक लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र कल इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का बुनियादी ज्ञान होना वांछनीय है

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बिलासपुर कलेक्टर रहते उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए अनूठी पहल की थी इस कार्यक्रम के तहत दो लाख उन्नीस हजार लोगों ने शपथ पत्र भरकर अनिवार्य मतदान का संकल्प लिया था कलेक्टर ने संरक्षित जनजाति बैगाओं को भी मतदान के लिए प्रेरित किया था प्रदेश में स्वीप कार्यक्रम की तरफ से आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान का समापन बारह नवंबर को हुआ था इस अभियान के तहत लोगों को शपक्ष पत्र भरवाकर संकल्प दिलाया गया था कि यो अवश्य मतदान करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे